केन्द्र ने घोषणा की है कि बी श्रेणी के राब से अतिरिक्त एथेनॉल बनाने के लिए अलग से पर्यावरणीय सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे प्रदूषण भी नहीं बढ़ेगा सरकार की विभिन्न पहल से चीनी मिल दोयम दर्जे के शीरे और अन्य सह उत्पादों से एथेनॉल बना सकेंगी

राष्ट्रपति का यह निर्णय चुनाव आयोग की ओर से दी गई राय पर आधारित है

प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने कहा है कि मीडिया को जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में काम करने पर ध्यान देना चाहिए आज कोलकाता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मीडिया कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया को शौचालय पीने के साफ पानो परिवहन गैस कनेक्शन जैसी आम लोगों की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने में विज्ञान और तकनीक की अहम भूमिका है वैज्ञानिकों और मीडिया कर्मियों के बीच दूरी को कम करने की आवश्यकता है नये भारत क निर्माण में हमारी आकांक्षा के संदर्भ में यह और भी आवश्यक है मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सम्मेलन में अलग अलग परिप्रेक्ष्य से भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों के प्रतिनिधि भी आए हैं डॉ सूर्य प्रकाश ने कहा कि सरकारी योजनाएं लोगों तक किस तरह पहुंच रही हैं इसका अध्ययन भी मीडिया को गहराई से करना चाहिए उन्होंने लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने की जरूरत पर भी जोर दिया सरकार प्याज का आयात सुगम बनाने के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेगी ताकि इसकी प्रक्रिया आसान बनाई जा सके और अन्य देशों से प्याज की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके अफगानिस्तान मिस्र तुर्की और ईरान स्थित भारतीय मिशनों से आग्रह किया जाएगा कि वे प्याज भारत भेजने के उपाय करें प्याज की कीमतों और उपलब्धता की समीक्षा के लिये आयोजित अतंर मंत्रालय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया इस फैसले से करोब एक सौ अस्सी कंटेनरों के भारत आने की उम्मीद है पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के नेता रहे स्वामी चिन्मयानन्द पर लगे कानून की एक छात्रा से दुष्कर्मो के आरोप और उनसे रंगदारी मांगे जाने के मामले में विशेष जांच दल एसआइटी ने आज शाहजहांपुर में मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है करीब दो माह चली एसआईटी की जांच के आरोप पत्र में चार हजार सात सौ पन्ने हैं एसआईटी दुराचार के आरोपी स्वामी चिन्मयानन्द और अन्य आरोपियों को साथ लेकर न्यायालय पहुंची जहां आरोपियों से हस्ताक्षर कराकर उन्हें पुनः जेल भेज दिया गया इस दौरान न्यायालय परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार लखनऊ द्वारा आहूत अतंर माध्यम वैक्तिक समन्वय समिति आईएमपीसीसी की बैठक में सभी सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने और उसकी जगह बेहतर विकल्प तलाश करने पर चर्चा की गई बैठक में स्टेट बैंक डाक शिपिंग उद्योग दूरदर्शन आकाशवाणी लोक सम्पर्क ब्यूरो सहित केन्द्र सरकार के कई विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया

इसके साथ ही आज जो हमारा मुख्य का विषय रहा स्वच्छता रहा है इसको इस पूरे महीने भर यह कार्यक्रम चलाये जायेंगे यही इसका उददेश्य है जो आज मीटिंग बुलाई गई है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

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के प्रति सख्त रवैया अपनाया है मुजफ्फरनगर जनपद में प्रद्षण रोधी उपकरणों का इस्तेमाल न करने के आरोप में दो फैक्ट्रियों पर कुल सवा लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है प्रद्षण विभाग के अधिकारियों ने जांच में पाया कि यह फैक्ट्रियां प्रदूषण रोधी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर रही है राज्य सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है

अकेले मुजफ्फरनगर जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण मानकों का पालन न करने वाली औद्योगिक इकाइयों और ईंट भट्डों पर लगभग एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है मुख्य सचिव स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल बनाये जाने के साथ ही फसलों के अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला स्तर पर मोबाइल स्क्वायड का भी गठन किया गया है सुशीलचंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ अयोध्या में विवादित रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के मद्देनजर किसी भी गड़बड़ी और आशंका को देखते हुए प्रदेश भर में सतर्कता बरती जा रही है साथ ही जनपदों में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग शांति कमेटियां गठित कर बैठके आयोजित कर रहा है अयोध्या में चल रहे कार्तिक पूर्णिमा मेले और पंच कोसी परिक्रमा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं यहां प्रसिद्ध चौदह कोसी परिक्रमा आज सुबह सकुशल सम्पन्न हो गई मेला और उसके आसपास के क्षेत्रों में सादी वर्दी में पुलिस बल तैनात किये गये हैं कई स्थानों पर क्लोज सर्किट कैमरे स्थापित किये गये हैं श्रद्धालुओं को बड़ी बारीकी से चेकिंग के बाद दर्शन कराये जा रहे हैं अयोध्या मामले को लेकर संभल में जिलाधिकारी अविनाश की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया बैठक के दौरान इस बात पर चर्चा की गई कि फैसला चाहे किसी के पक्ष में आये हमें आपस में सौहार्द बनाये रखने की आवश्यकता है लोगों को सोशल मीडिया पर अफवाहों और आपत्तिजनक पोस्ट से दूर रहने को कहा गया

उन्होंने अफवाहों से दूर रहने का आह्वान किया पीलीभीत जनपद में गन्ने के नवीन पेराई सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई है जिला गन्नाधिकारी जितेन्द्र मिश्रा ने बताया कि किसानों को इंडेन्ट जारी कर दिया गया है जनपद पीलीभीत की चारों चीनी मिलें वर्तमान पेराई सत्र हेतु चलने को पूरी तरह से तैयार हैं

आपूर्ति विषयक सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

उनकी सुविधा को देखते हुए कुल मिलाकर वर्तमान पेराई सत्र को पूर्ण पारदर्शी व्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है देश की पहली कॉरपोरेट द्वारा संचालित रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस ने अपने सफर के एक महीने पूरे कर लिये हैं

आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अश्वनी श्रीवास्तव न आकाशवाणी को बताया कि पिछले एक महीने में ट्रेन सिर्फ एक दिन लेट हुई और इसका मुआवजा यात्रियों को दिया गया

यात्रियों ने तेजस की सुविधाओं का आनन्द उठाया और उसमें काफी अच्छी फीडबैक हमें मिले हैं